प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने यह जानकारी दी

प्रधानमंत्री इसके संभावित विस्तार को लेकर बात कर सकते हैं सीएम ऑन कोरोना म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि केन्द्र सरकार से जैसे ही आगे के लिए गाइड लाइन मिलती है उसके अन्सार कार्यवाही की जाएगी उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है म्ख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आरोग्य सेत् एप मोबाइल में डाउनलोड करने की अपील भी की है

यह एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को उच्च कोरोना वायरस संक्रमण क्षेत्र के समीप होने की चेतावनी देता है

इस एप से आवश्यक चिकित्सा सलाह भी ली जा सकती है

सात लोगों को इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है युक्ति एप मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नई दिल्ली में वेब पोर्टल यूथ इंडिया कॉम्बेटिंग कोविड विद नॉलेज टेक्नालॉजी एंड इनोवेशन य्क्ति का लोकार्पण किया इस पोर्टल के जरिए मंत्रालय के प्रयासों और पहलों की निगरानी की जा सकेगी

टिहरी जिले में किसान नकदी और मौसमी फसल का समय पर कटान नहीं कर पा रहे हैं हालांकि कृषि मंत्री स्बोध उनियाल ने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार किसानों के हितों को देखते हुए उन्हें सभी प्रकार की स्विधाएं म्हैया करा रही है

कल क्षेत्र में हई घटना का संज्ञान लेते हए मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और गृह सचिव को यह निर्देश दिये आपको बता दें कि वनभूलप्रा क्षेत्र प्रदेश में चिह्नित हॉट स्पॉट में से एक है नैनीताल जिले में जो आठ कोरोना पॉजीटिव मिले हैं उनमें से पांच बनभूलप्रा क्षेत्र के हैं

लाभार्थी उषा देवी और गुलाबो देवी का कहना है की लॉकडाउन के दौरान लकड़ी और गैस की व्यवस्था नहीं हो रही थी लेकिन खाते में पैसे आने से उन्हें गैस सिलेंडर मिल गया है

इन सभी खातों में आर्थिक सहायता राशि जमा हो चुकी है

पीएम जनधन के खाते में जमा आर्थिक सहायता राशि को खाताधारक अपनी इच्छा और आवश्यकता के अन्सार कभी भी निकाल सकते हैं आर्थिक सहायता राशि निकालने में कोई परेशानी न हो इसके लिए भी जिला प्रशासन की ओर से विशेष ध्यान रखा गया है जिन गांव क्षेत्रों से बैंक ब्रान्च और एटीएम दूर है वहां पर ग्राहक सेवा केन्द्रों के माध्यम से स्विधाएं म्हैया कराई जा रही है

इनमें प्रत्येक दिन कैश का लेन देन हो रहा है